समाचार एजेंसी एएनआई के साथ विशेष भेंट में श्री मोदी ने कहा कि भारत तेजी से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्था है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

सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार देश को मजबूत करने को लिए काम कर रही है लेकिन हर इंसान को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा युवाओं का आहवान करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि उनको अपनी काबलियत और सपनों पर विश्वास होना चाहिए प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों पर पुनरीक्षण कार्यकम के तहत आज विशेष अभियान चलाकर नए नाम जोड़ने हटाने और संशोधन करने का काम किया जा रहा है

आज अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है इस अवसर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश के युवाओं को बधाई और शुभकामनाए दी हैं श्रीमती राजे ने अपने संदेश में कहा कि तेजी से आगे बढते राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य निर्माण को लेकर कृत संकल्प है सरकार युवाओं को शिक्षा कौशल विकास और रोजगार को बेहतर अवसर उपलब्ध करवा रही है राजस्थान और दिल्ली के पर्यटन विभाग की ओर से दिल्ली में तीज के मौके पर विशेष समारोह और मेला आयोजित किया जा रहा है

इस मौके पर सावन के झूले मेहदी रंगोली और राजस्थानी हस्तशिल्पियों की दुकानें आकर्षण का कोन्द्र रहेंगे उदयपुर के सुंदरवास रोड पर मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गयी वहीं उदयपुर फूल गांव में उदयपुर से जा रही एक निजी बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया उदयपुर के सूरजपोल पुलिस ने एक कार से गुजरात ले जायी जा रही अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है शराब की कीमत सवा लाख रूपए बतायी जा रही है पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है जयपुर में आज पेशेवरों की संस्था तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की ओर से एक दिन की राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पाना चंद जैन सहित बड़ी संख्या में न्यायिक क्षेत्र से जुड़े पेशेवर भाग ले रहे हैं चार सत्रों में हो रही इस सेमिनार में साइबर सुरक्षा सम्पति में पति पत्नी के अधिकारों और पारिवारिक न्यायालयों में मुकदमों सहित विभिन्न न्यायिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने ब्यावर नगर परिषद सभापति बबीता चौहान और कार्यकारिणी सदस्य नरेन्द्र चौहान को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तुरंत प्रभाव से निलम्बित कर दिया है